इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने अपने बोर्ड बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिये हैं

भाजपा तथा कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए निरंतर बैठक कर रहे हैं भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर समाज की ओर से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित करने से आज भी कई रेलों का मार्ग बदला गया है वहीं कुछ रेलगाड़ियों को रद्द भी किया गया है गुर्जर नेता कर्नल किरोडी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार से आज वार्ता के लिए प्रतिनिधि भेजने को कहा है उन्होंने कहा कि वे बातचीत को तैयार हैं सरकार के मंत्री अशोक चांदना प्रदर्शनस्थल पर आ जायें गुर्जर नेताओं ने सोमवार से आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज भी दो पारियों में आयोजित की जा रही है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती और प्रशिक्षण गोविंद गुप्ता ने बताया कि भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई है

ये परीक्षा कल भी ली जाएगी

राज्य में आज से बाल दिवस के तहत विद्यार्थी बीमा सुरक्षा सप्ताह की शुरूआत हुई

प्रक्षेपण आज दोपहर तीन बजकर दो मिनट पर सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र श्रीहरिकोटा के पहले लांच पैड से होगा श्रीहरिकोटा से इस कैलेंडर वर्ष में छोड़े जाने वाला भारत का पहला मिशन है सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को आज पांच साल पूरे हो गए हैं

इन्हे पीबीएम अस्पताल में भर्ती केरवाया गया है ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं